केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार स्थिति पर गहरी नजर रखे हए हैं इस बीच नया यात्रा परामर्श जारी कर लोगों को चीन की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है

केरल में संकमण की पुष्टि वाले दो लोगों की निगरानी की जा रही है उनकी हालत स्थिर है पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श में कहा गया है कि ई वीजा पर चीन से भारत की यात्रा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है यह परामर्श चीनी पासपोर्ट धारकों और चीनी गणराज्य में रहने वाले अन्य राष्ट्रों के निवासियों के आवेदनों के संदर्भ में लागू होगा इधर प्रदेश में केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है और विशेष निगरानी की जा रही है

बाघों की गणना तीन चरणों मे की जाएगी इसमे कैमरा ट्रेप की मदद ली जाएगी

टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी के निर्देशों के तहत की जा रही है गौरतलब है कि मुकन्दरा में अभी चार बाघ है जिनमे दो बाघ और दो बाघिन हैं बाघों की गणना हर चार वर्ष में की जाती है

आवेदक छात्रा के संरक्षक की वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए

स्वच्छ भारत मिशन शाखा प्रभारी सौरम गुप्ता ने बताया कि इसके लिए अहमदाबाद और इंदौर की तर्ज पर कचरे को साफ करने वाली कंपनी को ठेका दिया जाएगा इसमें निकलने वाले गीले कचरे से बायो कंपोस्ट बनाई जाएगी और सुखे कचरे को इंधन के रूप में इस्तेमाल करने लायक बनाया जाएगा ये प्रक्रिया राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों की पालना में की जा रही है